बिलासपुर के सिरगिटटी क्षेत्र में नशीला पदार्थ पीने से आठ लोगों की मौत तीन अन्य गंभीर

इसमें छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश गुजरात झारखंड और लद्दाख शामिल हैं मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में वर्तमान समय में एक लाख से अधिक रोगी हैं इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आठ लाख को पार कर गई है कल प्रदेश में पंद्रह हजार एक सौ संतावन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले वर्तमान में एक लाख उनतीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ तिरपन लोगों की मृत्यू हई है कल सबसे अधिक कोरोना संक्रमित कोरबा जिले में भिले हैं यहां बारह सौ उनयासी मरीज मिर्ले वहीं बिलासपुर जिले में भी करीब बारह सौ रायगढ़ जिले में ग्यारह सौ बयालीस और जांजगीर चांपा जिले में करीब एक हजार नये मरीज मिले हैं इस बीच दंतेवाडा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दीपक कर्मा का निधन हो गया है श्री कर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री महेन्द्र कर्मा और विघायक देवती कर्मा के पत्र थे कोरोना संक्रमित होने के बाद श्री कर्मा का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री कर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि दीपक कर्मा के रूप में हमने एक युवा नेता को खो दिया है वहीं भिलाई नगर निगम में अंबेडकर वार्ड से निर्वतमान पार्षद संजय खन्ना का भी आज निधन हो गया वे कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और उनका इलाज भिलाई के एक अस्पताल में चल रहा था

मिली जानकारी के अनुसार आंधप्रदेश में मिला यह स्ट्रेन काफी घातक है बस्तर जिले में इसकी रोकथाम के लिए जिले की सभी सीमाओं में जांच कड़ी कर दी गई है बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है मालवाहक वाहनों के वाहन चालकों और क्लीनर को भी कोविड जांच के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है वहीं यात्री बसों से आने वाले लोगों से कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है इस तरह की जांच सीमा पर स्थित चौकियों के अलावा एयरपोर्ट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी की जा रही है जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि अभी तक बस्तर में आंध्रप्रदेश स्ट्रेन का कोई मामला नहीं मिला है उधर बीजापुर जिले में भी इस नये स्ट्रेन को लेकर प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि आंधप्रदेश में मिले कोरोना वायरस के इस जानलेवा स्टेन के कारण बीजापुर जिले में अत्यंत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है इसके लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से लगी सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में नाकेबंदी कर बाहर से आने वाले श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायतों में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहराने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में सूचना तत्काल नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में देकर उनकी कोविड जांच कराई जाए आदेश में कहा गया है कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना कोविड जांच के गांवों के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए इधर धमतरी जिले में भी आंधप्रदेश सहित दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और इससे बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर एक शून्य चार को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है इस टोल फ्री नंबर में कई लाइने रहेंगी और किसी भी मरीज या उनके परिजन द्वारा फोन करने पर उनकी सभी शंकाओं का तत्काल समाधान किया जाएगा इसके लिए कॉल सेंटरों में ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है इन कॉल सेंटरों के जरिये होम आइसोलेशन अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता और एंबुलेंस की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी रायपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मुल्य दुकानों से बीपीएल राशन कार्डधारियों को मई और जून माँह की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण किया जा रहा है राशन सामग्री का वितरण शासकीय उचित मुल्य दुकानों से प्रतिदिन सबह सात बजे से शाम पांच तक की जाएगी वहीं रायपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और फेसमास्क जैसी अन्य सावधानियों को सनिश्चित करने के लिए नगर निगम क्षेत्र के दस जोन में तीस उडनदस्ता टीमों का गठन किया गया है इधर कोरिया जिले में कलेक्टर एसएन राठौर ने कोविड केयर अस्पतालों और चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयां तथा उपकरणों के साथ ही मानव संसाधन बढ़ाने के लिए जिला खनिज निधि से एक करोड़ बीस लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है सरगुजा संभाग में कोविड उपचार के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चार नये ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी दी गई है इनमें से दो प्लांट सरकार द्वारा और दो अन्य प्लांट निजी क्षेत्र द्वारा लगाए जाएंगे उधर बलरामपुर जिले की रामानुजगंज नगर पंचायत में कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में दो क्लीनिक को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है इन दोनों क्लीनिक के खिलाफ आरोप है कि वे कोविड जांच रिपोर्ट के बिना ही बुखार और सर्दी खांसी वाले मरीजों का इलाज कर रहे थे वहीं कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है यहां स्वास्थ्य विमाग द्वारा की गई कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से यह जानकारी सामने आई है कि जिले में हाल के दिनों में जो कोरोना संक्रमित मरीज भिले हैं उनमें से करीब इकतीस प्रतिशत मरीजों को संक्रमण विवाह समारोह में शामिल होने की वजह से हुआ था इन आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से विवाह समारोह में शामिल न होने की अपील की है उधर दंतेवाड़ा जिले के जोड़ातराई गांव में एक साथ बत्तीस लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं मिली जानकारी के अनुसार ये लोग बीते रविवार को एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पत्रकारों को प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने और पत्रकारों तथा उनके परिजनों को कोविड टीकाकरण में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है अपने पत्र में डॉक्टर सिंह ने लिखा है कि पत्रकार लोग इस संकट के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है इसलिए उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया जाना चाहिए

यह विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सात मई को सुबह दस बजकर दस मिनट पर मीडियम वेव और एफ एम दोनों ही चैनल पर प्रसारित किया जाएगा टीकाकरण स्थगित छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद फिलहाल अटठारह से चवालीस वर्ष की आय वर्ष के लोगों के कोविड टीकाकरण को स्थगित कर दिया गया है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अट्ठारह वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए एक मई से शुरू हुए टीकाकरण में अंत्योदय कार्डघारको को प्राथमिकता देने की नीति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में हस्तर्क्षेप याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि टीकाकरण में वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है हाईकोर्ट ने सरकार से विभिन्न वर्गों को कोविड टीकों के आवंटन का उचित अनुपात तय करने के निर्देश दिए हैं साथ ही राज्य सरकार को कोविड टीकाकरण की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि अनुपात के निर्धारण में समय लगने की संभावना है और यदि इस बीच अंत्योदय वर्ग को टीका लगाया जाता है तो यह उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी इसीलिए नीति में संशोधन करने तक टीकाकरण को स्थगित किया जाता है इस बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिवों की एक समिति का गठन भी किया है दूसरी ओर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय की अवमानना बताया है कोविड टीकाकरण इस बीच छत्तीसगढ़ में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयू के लोगों का कोविड टीकाकरण जोरशोर से जारी है दुर्ग जिले में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है यह सुविधा भिलाई के सूर्या शॉपिंग मॉल की पॉर्किंग में उपलब्ध कराई गई है ब्रज़्ग नागरिक यहां पहुंचकर अपनी कार में बैठे बैठे ही कोविड टीका लगवा सकते हैं कोविड टीकाकरण के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं रायगढ़ के स्वास्थ्य विमाग में काम करने वाले भूवनेश्वर मालाकार ने बताया कि वे दो बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने को पहले जब संक्रमित हुए थे तो उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थीं लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद जब उन्हें प्नः संक्रमण हुआ तो उन्हें ज्यादा गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा और वे होम आइसोलेशन में रहते हुए जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गए उनका मानना है कि टीकाकरण से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई है इसी वजह से वैक्सीन लग जाने के बाद उन्हें कोरोना संक्रमण का अधिक प्रभाव नहीं हुआ मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मितानिनों के माध्यम से गांव गांव में कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रहा है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं और प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में विवाह समारोह की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है इसकी रोकथाम के लिए गांवों में सतत निगरानी की जरूरत है उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दें उन्हें प्रोटोकॉल के आधार पर दवाएं दी जाए और कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा जाए जिन लोगों में ऐसे लक्षण हैं वे घरों में अलग कमरे में रहें घर परिवार के लोगों के बीच न बैठें साथ ही तालाब और हैंडपंप पर नहाने न जाएं ताकि अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके कोविड सामाजिक सहायता कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासन प्रशासन के साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढाने के साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने में भी महत्वपूर्ण भुमिका निभा रही हैं बिलासपूर नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी के संकट से जुझ रहे देहाड़ी मजदूरो और गरीब परिवारों ँको नगर निगम द्वारा राशन के निःशुल्क पैकेट वितरित किए जा रहे हैं इसके लिए नगर निगम द्वारा प्रत्येक जोन के प्रभारियों का फोन नंबर जारी किया गया है जिन लोगों को राशन की जरूरत है वे इन फोन नंबर पर अपना नामपता नोट करा सकते हैं इसके बाद नगर निगम की टीम द्वारा उनके घरों तक राशन पहंचाया जा रहा है वहीं रायपुर नगर निगम के समी सत्तर वार्डों में भी जरूरतमंदों को निगम की टीमों द्वारा राशन पैकेटों का वितरण किया जा रहा है इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रभावितों की मदद के लिए प्रवासी भारतीय भी सामने आ रहे हैं ग्लोबल छत्तीसगढ़ एनआरआई कम्युनिटी संस्था ने पांच लाख इंक्यावन हजार रूपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की है उधर बिलासपुर के जिला आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में सिंधी समाज और क्रेडाई ने मेडिकल ऑक्सीजन के पच्चीस जम्बो सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं इस अस्पताल में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की संख्या जल्द ही बढ़ाकर चालीस कर दी जाएगी

यह घटना सिरगिटटी थाना क्षेत्र की है क्षेत्र के थाना प्रभारी के अनुसार पीड़ित लोगों को सर्दी खांसी की समस्या थी और ये लोग होम्योपैथी की कोई अल्कोहलयक्त दवा ले आए थे इन लोगों ने ये दवा निर्धारित मात्रा से कई गना अधिक मात्रा में ले ली जिसके कारण इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और बाद में इनमें से आठ लोगों ने दम तोड़ दिया वहीं तीन अन्य युवकों की स्थिति अभी गंभीर बताई जाती है इनका इलाज बिलासपुर के एक अस्पताल में चल रहा है

मौसम प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने तथा अंधड़ चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है उघर कोरिया जिले के केल्हारी इलाके के बिछली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई है वहीं तीन अन्य लोग घायल हुए हैं घायलों का इलाज बैकुंठपुर जिला अस्पताल में चल रहा है वहीं महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में स्थित सोनदादर गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण की मौत हो गई वहीं चार अन्य घायल हो गए ये सभी ग्रामीण तेंद्रपत्ता संग्रहण करने पास के जंगल में गए थे संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पीआर रामाचंद्र मेनन ने आज न्यायाधिपति श्रीमती विमला सिंह कपूर को नियमित न्यायाधिपति के रूप में शपथ दिलाई वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा में बनाए जाने वाले फोर्टिफाइड पुलिस थाना भवन का आज वर्चअल रूप से भूमिपजन किया पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकताओं पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ कल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया पश्चिम बंगाल की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को अब यात्रा प्रारंभ करने के बहत्तर घंटे के भीतर करवाई गई आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा महासमुंद जिला जेल से पांच बंदियों के फरार होने की खबर मिली है ये बंदी जेल की पीछे की दीवार कृदकर फरार हुए हैं इनमें से चार महासमुंद जिले के हैं जबकि एक अन्य उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले का है राजधानी रायपुर में मिलावटी सेनिटाईजर बनाने की शिकायत मिलने पर देवेन्द्र नगर स्थित एक कंपनी के ऑफिस में आज छापा मारा गया